दल ने कल जैसलमेर जिले में अधिकारियों से इस संबंध में विस्तार से चर्चा की और नुकसान की जानकारी ली

जैसलमेर जिला कलेक्टर ने टिड्डी नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी वहीं दल ने जोधपुर में भी इस संबंध में बैठक की बैठक में कृषि और कृषक कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव आतिश चन्द्रा ने कहा कि टिड्डी आकमण जैसी आपदाओं से बचाव के लिए संबंधित क्षेत्रों के किँसानों और पूरे समुदाय को जागरूक करना होगा इस अवसर पर जोधपुर जिला कलेक्टर ने जिले में टिड्डी आक्रमण प्रभावित क्षेत्रों और कृषि विभाग द्वारा किए गए उपायो की जानकारी दी केन्द्रीय अध्ययन दल ने बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र का दौरा कर टिड्डियों से हुए फसल खराबे का भी जायजा लिया अध्ययन दल आज जालोर और जैसलमेर जिलों के दौरे पर रहेगा

संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने सदन में दोनो विधेयक प्रस्तुत करते हुये बताया कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के गठन का उपबंध करने के उदेद्श्य से मुख्यमंत्री ने पिछले बजट में राजस्थान जन आधार योजना की घोषणा की थी

अस्पताल में ईलाज के दौरान अजीत सिंह ने अंतिम सांस ली

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने इस न्यास की स्थापना की है बैठक में मंदिर के निर्माण को शुरू करने की तारीख निर्धारित की जा सकती है

इस योजना का उददेश्य प्रत्येक दो सालों में किसानों को मुदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है ताकि मिट्टी की पोषक कमियों को दूर करने के उपाय किये जा सके यह योजना उपज बढाकर किसानों को अतिरिक्त आय सुनिश्चित करती हैं साथ ही टिकाउ खेती को भी बढावा देती है

इसी कम में टोंक के वनस्थली विद्यापीठ परिसर में आज राजस्थान और असम की सांस्कृतिक विविधता के आदान प्रदान के लिए रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे आकाशवाणी जयपुर और वनस्थली विद्यापीठ की ओर से आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में गीत संगीत और नृत्य की प्रस्तुर्ति दी जायेगी इसी कडी में जयपुर के संगीत नाट्य अनुभाग द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर तैयार किये गये विशेष म्यूजिक एलबम का भी विमोचन किया जायेगा इधर केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से आज जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में असम फूड फेस्टिवल भी आयोजित किया जाएगा इसमें असम के विभिन्न व्यंजनों को परोसा जाएगा